आज मनाया जा रहा है विश्व जनजातीय दिवस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी बधाई

इससे किसान कृषि और परिवार से जुडी जरूरते पूरी करने में सक्षम हए हैं

इससे पहले कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्घाटन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्म विश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है

इसका उद्देश्य दुनिया के जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं श्री गहलोत ने कहा कि आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों की काफी लम्बे समय से चली आ रही मांग पर हमारी सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के सबसे करीब रहने वाले आदिवासी समाज की प्रकृति प्रजक के रूप में अपनी एक खास पहचान है गीत नृत्य के माध्यम से वे अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं उनके लोकगीतों में भी प्रकृति से उनके लगाव की झलक दिखाई देती है

उन्होंने कहा कि सरकार एन्टीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि विशेषज्ञों ने इस किट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं श्री गहलोत ने कल कोरोना संकमण की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हए निर्देश दिए कि प्रदेश में कोरोना के ईलाज के लिए प्जाज्मा थैरेपी को बडे स्तर पर अपनाया जाए उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए ईलाज के बाद स्वस्थ हो चूके मरीजों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए पूरे प्रदेश में आन्दोलन के रूप में अभियान चलाया जाए उन्होंने कहा कि इस महामारी से लोगों के जीवन बचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लाज्मा थैरेपी को थीम बनाकर काम करना होगा बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर एक दशमलव पांच तीन प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत दो दशमलव एक प्रतिशत से काफी कम है श्री गहलोत ने मृत्युदर को और अधिक घटाने के लक्ष्य पर काम करने का सुझाव दिया और कहा कि संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढने के बावजूद यदि मृत्युदर नियंत्रित रहती है तो यह बडी उपलब्धि होगी

केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है श्री मेघवाल ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी उन्होंने कहा वे चिकित्सकीय सलाह पर एम्स में भर्ती हैं

कुछ विधायकों को जयपुर बुलाया गया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि गहलोत खेमे की ओर से पार्टी के कुछ विधायकों को लगातार प्रलोभन दिए जा रहे हैं और उन पर अनुचित दवाब बनाया जा रहा है

कारोबार में आसानी के संदर्भ में वैश्विक सूची में भारत के स्थान में सुधार हुआ है

विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज अजमेर अलवर जयपुर ड्रुंझुनू सीकर सवाई माधोपुर टोंक पाली तथा नागौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं